अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने का दिया निर्देश

प्रदेश में बारह जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है बागमती गंडक कमला बलान और लालबकिया नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश से ये नदियां पूरे उफान पर हैं कोसी और वाल्मिकी नगर गंडक बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ का संकट और गहरा गया है आज बीरपुर स्थित कोसी बराज से दोपहर बारह बजे एक लाख तिरानवे हजार क्यूसेक और वाल्मिकी नगर गंडक बराज से संतानवे हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बागमती कमला और लालबकिया नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान से तीन मीटर ऊपर चला गया है तटबंधों के टूटने और ऊपर से पानी बहने के कारण सीतामढ़ी शिवहर मधुबनी और पूर्वी चंपारण जिले में व्यापक क्षति हुई है और कई गांव डूब गये हैं बाढ़ से सत्तर प्रखंडों में लगभग बीस लाख की आबादी प्रभावित हुई है छियालीस हजार लोग राहत शिविरों और आश्रय स्थलों में शरण लिये हुए हैं लाखों की संख्या में लोग ऊंचे स्थानों और तटबंधों पर शरण लिये हैं बाढ़ के कारण राज्य में पैंतीस लोगों की मौत की खबर है सबसे अधिक लोग पूर्वी चंपारण अररिया सारण और सीतामढ़ी जिले में हताहत हुए हुए हैं बड़ी संख्या में लोगों के तेज धार में बह जाने की आशंका है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ एसडीआरएफ और एसएसबी ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है इन बचाव दलों की पच्चीस टीमें अभियान में लगायी गयी हैं हमारे सीतामढ़ी संवाददाता ने बताया कि बागमती और लखनदेई नदियों में उफान के कारण जिले के पंद्रह प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं एक सौ स्थानों पर सामुदायिक रसोई घर बनाकर लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है शिवहर में जिला मुख्यालय के कई इलाके अब भी जलमग्न हैं तीन प्रखंडों के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैला हुआ है मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण गायघाट कटरा और औराई प्रखंडों के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं पूर्वी चंपारण में नेपाल से निकलने वाली गंडक और लालबकिया नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से पताही चिरैया ढाका घोड़ासहन रामगढ़वा आदापुर मधुबन और कुंडवा चैनपुर प्रखंडों के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है अररिया जिले में परमान लूना बकरा रतवा कनकई और भलुआ सहित अन्य बरसाती नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से पलासी जोकीहाट फारबिसगंज सिकटी और कुर्साकांटा प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं मधुबनी जिले में कमला नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण जयनगर और झंझारपुर के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बरकरार है दरभंगा में घनश्यामपुर बिरौल जाले कुशेश्वरस्थान और सिंहवाड़ा सहित छह प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं महानंदा नदी में उफान के कारण कटिहार जिले में कदवा प्रखंड और आजमनगर प्रखंड के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं जिलाधिकारी ने बताया कि प्रभावित इलाकों में ढाई सौ राहत शिविर खोले गये हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बाढ़ से प्रभावित पूर्णियां किशनगंज अररिया और आसपास के क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया श्री कुमार ने पूर्णियां के चूनापुर हवाई अड्डे पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की बैठक में श्री कुमार ने बाढ़ राहत कार्य और लोगों को सुरक्षित निकाले जाने के लिये किये जा रहे उपायों पर चर्चा की उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अधिक से अधिक सामुदायिक किचेन और आश्रय स्थलों की व्यवस्था करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जिलाधिकारियों को स्कूलों और ऊंचे स्थानों पर राहत शिविर खोलने के निर्देश दिये हैं इसके अलावा पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था करने को कहा गौरतलब है कि श्री कुमार ने कल बाढ़ प्रभावित मध्रबनी सीतामढ़ी शिवहर पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया था विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल राजद और कांग्रेस के सदस्यों ने बाढ़ के मुद्दे को लेकर सदन में आज जमकर हंगामा किया विपक्ष का आरोप था कि सरकार राज्य में बाढ़ की रिथिति से निपटने में विफल रही है विरोध में विपक्ष के सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा और नारेबाजी की राजद के वरिष्ठ सदस्य अब्दुल बारी सिद्दिकी ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर बाढ़ के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की विधान परिषद् में भी बाढ़ का मुद्दा उठा कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्र ने कमला भूतही बलान और अन्य नदियों के तटबंध ट्रटने और प्रदेश में आयी बाढ़ का मुद्दा उठाया उनका साथ देते हुए राजद के रामचंद्र पूर्वे और अन्य विपक्षी सदस्यों ने सदन में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करने की मांग की उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सदन में कहा कि सरकार इस मुद्दे पर कभी भी चर्चा कराने के लिये तैयार है इधर खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल विधानसभा में बाढ़ की स्थिति को लेकर सरकार की ओर से उत्तर देंगे वे सदन को बाढ़ से निपटने के लिये चलाये जा रहे राहत कार्यों और विभिन्न उपायों की जानकारी देंगे पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि समस्तीपुर मंडल के सीतामढ़ी रक्सौल रेलखंड पर आज से रेल परिचालन बहाल हो गया है यहां बैरगनिया कुंडवा चैनपुर रेलखंड पर पटरियों पर बाढ़ का पानी आ जाने से ट्रेनों की आवाजाही दो दिनों से बाधित थी वहीं कटिहार जोगबनी रेलखंड पर भी ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गयी है पिछले तीन दिनों से पटरियों के धंसने के कारण ट्रेनों का परिचालन फारबिसगंज तक किया जा रहा था आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ को देखते हुए पटना में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है लोग फोन नम्बर शून्य छह एक दो दो दो नौ चार दो शून्य चार पर बाढ़ से संबंधित जानकारी या मदद का अनुरोध कर सकते हैं इसके अलावा शून्य छह एक दो दो दो नौ चार दो शून्य पांच पर भी संपर्क किया जा सकता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले दिनों नालंदा जिले के नगरनौसा थाने के हाजत में जदयू नेता गणेश रविदास की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले को लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है आयोग ने जदयू नेता की पुलिस प्रताड़ना के कारण कथित तौर पर जदयू नेता की आत्महत्या की खबर को गंभीरता से लिया है इस संबंध में डीजीपी को छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है और यह बताने को कहा गया है कि हिरासत में मौत के बाद चौबीस घंटे के भीतर आयोग को क्यों नहीं जानकारी दी गयी केंद्र सरकार ने कहा है कि इस महीने की दस तारीख तक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत कुल तीस लाख पचासी हजार दो सौ पांच लोगों का पंजीकृत किया गया है आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार ने देश में इस साल फरवरी में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लाभ के लिए प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना के नाम से एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना शुरू की है उन्होंने बताया कि इस योजना में साठ वर्ष की आयु के बाद लाभार्थियों को न्यूनतम तीन हजार रुपये की मासिक पेंशन सुनिश्चित की गयी है कृषि पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री प्रेम कुमार ने आज कहा कि राज्य के हर जिले में डेयरी के विकास की संभावनाओं को तलाशा जाएगा और उसके अनुसार डेयरी का विकास कर किसानों तथा पशुपालकों को पूरा लाभ दिया जाएगा श्री कुमार ने औरंगबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य और केंद्र सरकार किसानों तथा पशुपालकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं उन्होंने कहा कि साठ वर्ष से अधिक उम्र के किसानों के लिए तीन सौ रुपये प्रतिमाह पेंशन की योजना लागू की गई है साथ ही किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये दिए जाने की भी योजना है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज लोकसभा में सरोगेसी नियमन विधेयक दो हजार उन्नीस पेश किया पिछली लोकसभा से यह विधेयक पारित हो चुका था लेकिन लोकसभा भंग होने के कारण यह अमान्य हो गया इसके माध्यम से भारत में कमर्शियल सरोगेसी यानी द्रसरे के गर्भ से व्यवसायिक तौर पर संतान उत्पति प्रतिबंधित किया जाना है हाल में ही यह किराये की कोख पर संतान को जन्म देने के रूप में प्रचलन में आया था समस्तीपुर के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में एक स्थान पर छिपाकर रखी गयी लगभग चालीस लाख रूपये की दो सौ अंठानवे कार्टन विदेशी शराब बरामद की गयी है इधर खगड़िया जिले से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया नगर थाना क्षेत्र के एनएसी रोड निवासी और शराब तस्कर संजय यादव के घर छापेमारी कर शराब की खेप जब्त की गयी है वहीं वैशाली जिले के रूस्तमपुर पुलिस आउट पोस्ट के केवलाघाट के पास से पुलिस ने पिकअप वैन पर लदी पैंतालीस कार्टन विदेशी शराब बरामद की है वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के गोढ़िया गांव में अपराधियों ने भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र कार्यालय के संचालक से दो लाख पन्द्रह हजार रूपये लूट लिये और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश के बारह जिलों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है

अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने का दिया निर्देश